प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन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

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि होली शब ए बारात बिह ईस्टर और ईद उल फितर त्यौहारों पर कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है इधर राज्य सरकार ने प्रदेश में होली और शब ए बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित नही करने के निर्देश जारी किए हैं हाल के दिनों में कोविड के संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग ने ओदश जारी कर सार्वजनिक मैदानों पब्लिक पार्को बाजार और धार्मिक स्थलों पर लोगों के बड़ी संख्या में इकट्ठे होने और किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है सरकार ने लोगों से कोरोना गाइड लाइन के अनुसार त्यौहार घरों मे ही मनाने की अपील की है

चार जिलों चूरू दौसा बाड़मेर और भरतपुर में संकमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया

बीकानेर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां प्रशासन ने कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाने के लिए सघन जांच अभियान शुरू किया है जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे गए

देश में कोविड टीकाकरण के तहत इन्हीं दो टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है

ब्यूरो की टीम ने अधजले नोटों सहित आरोपी को हिरासत में लिया है एक अन्य कार्रवाई में पिण्डवाड़ा में भू अभिलेख निरीक्षक को भी रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा गया

किसानों को कोई समस्या न हो इसके लिए टोल फ्री नम्बर भी शुरू किया गया है